लोकसभा चुनाव के छह चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद अब आखिरी और सातवें चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है प्रदेश में प्रमुख राजनोतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महराजगंज और देवरिया में चुनावो सभाओं को संबोधित किया उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विकास प्रक्रिया को अनवरत जारी रखने के लिये भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा को अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है और इसी कुंठा के चलते विपक्षी दल अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जाति पूछ रहे हैं उन्होंने कहा कि छह चरणों के चुनाव में उन्हें जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है सातवें चरण में भी यही उत्साह देखने को मिल रहा है श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण में हैं और महिलाएं सुरक्षित है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां देश का विकास हो रहा है वहीं भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है प्रदेश में सातवें चरण की प्रतिष्ठित गोरखप्र और गाजीपुर की सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सपा बसपा और रालोद के प्रमुखों ने आज यहां संयुक्त चुनावी रैलियों को संबोधित किया रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केन्द्र में गठबंधन की सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी दी जायेगी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने में असफल साबित हुई है

वहीं हमारे नौजवानों से रोजगार और नौकरियां छीनने का काम किया

अगर रोजगार की बात कही नौकरी देने की बात कही तो नोटबंदी और जीएसटी लगाकर न जाने कितने नौजवानों की नौकरी छीनने का काम किया

उन्होंने कहा देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्यक प्रलोभन भरे चूनावी वायदे किये थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नही किया है गठबंधन की रैली को रालोद अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने भी संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभान्वित किया है उन्होंने कहा कि जनता इस बार दोबारा गलती करने वाली नहीं है उधर सोनभद्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाषा उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं राज बब्बर ने कहा कि अगर जीएसटी और नोटबंदी का फैसला अच्छा था तो प्रधानमंत्री इनके नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज घोसी और वाराणसी में केन्दोय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति तथा प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कुशीनगर में और मंत्री दारा सिंह चौहान ने चंदौली लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल बलिया में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रचार स्थलों के बारे में नीति आयोग के प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सूचनाएं साझा करने में चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है नई दिल्ली में वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत का निपटारा कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस प्रावधान से छूट मिली हुई है जिसके तहत मंत्रियों के सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से जोड़ने पर रोक है निर्वाचन आयोग ने नीति आयोग के मख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को इस सम्बन्ध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों की प्रतियों के साथ चार मई को पत्र भेजा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद की जयन्ती पर उन्हें राष्टपति भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपति के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया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

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग वाली उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें भीषण गर्मी और रमजान माह को देखते हुए लोकसभा चूनाव के सातवें चरण में मतदान का समय सुबह सात बजे के स्थान पर सुबह साढ़े पांच बजे से शरू करने की बात कही गई थी न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइया का सामना करना पड़ सकता है

मुरादाबाद जिले के डिलारी क्षेत्र में कल देर रात एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस स्त्रों के अनुसार जिले के भाजलपुर गांव से कल शाम करीब तीस लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर नाखूनका गांव में एक जन्मदिन समारोह में गये थे देर रात करीब पौने दो बजे सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से वापस अपने गांव लौट रहे थे गांव के कुछ पहले ही अचानक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई उधर जौनपुर में मछलीशहर बदलापुर मार्ग पर राशन लेने जा रही मां बेटी को पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी

उधर बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की मृत्यु हो गई जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया

पुलिस अधीक्षक अरविन्द चतुर्वेदी ने बताया कि क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुराने कुऐं की सफाई के लिये गांव के ही पांच मजदूरों को लगाया गया था जिसमें से चार मजदूर कुऐं में उतर गये कुछ ही देर में सबकी हालत बिगड़ने लगी और जब तक लोग कुछ कर पाते एक एक कर चारों युवकों की मौत हो गई घटना के बाद गांव में व्याप्त तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है आकाशवाणी लखनऊ का क्षेत्रीय समाचार एकांश आज रात लोकसभा चुनाव के छठें चरण के मतदान पर एक खास परिचर्चा प्रसारित करेगा इसे रात आठ बजे से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है बसपा प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अलवर द्ष्कर्म मामले में हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं मायावती ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का दलित प्रेम झूठा है वे सिर्फ दलित वोटरों का वोट पाने के लिये उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि उनकी जाति गरीबों की जाति है केवल दिखावा है